इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायक सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी शामिल हुए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैंकों और गैर वित्तीय बैंक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भविष्य की आर्थिक रूपरेखा और कार्य योजना पर विचार विमर्श करेंगे प्रौद्योगिकी के जरिये वित्तीय सशक्तिकरण ऋण सहयोग और प्रभावी वितरण वित्तीय क्षेत्र की मजबूती के उपायों पर मुख्य रूप से विचार विमर्श होगा पांच राफेल जेट विमानों की पहली खेप आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगी फांसीसी विमानन कंपनी डसॉल्ट द्वारा निर्मित फाइटर जेटों ने सोमवार को दक्षिणी फांस के बोर्डो में मेरिग्नैक एयरबेस से भारत के लिए उड़ान भरी थी इन विमानों के शामिल होने से भारत का सुरक्षा तंत्र और मजबूत होगा

उधर अलवर जिले में बढ़ते कोरोना संकमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कल से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की की है

प्रदेश में कोरोना संकट को देखते हुए इस बार स्वतंत्रता दिवस पर राजभवन में होने वाला एटहोम कार्यक्रम नहीं होगा राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय है इसकी रोकथाम के लिए गंभीर प्रयासों की जरूरत है आज अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस है बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाघ दिवस पर लोगों से बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता लाने की अपील की है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि पारिस्थितिक संतुलन को बनाने में बाघ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला ने भी एक ट्वीट कर कहा कि बाघों के संरक्षण की दिशा में भारत ने सराहनीय कार्य किया है